वही मंत्रिमंडल ने कठिन स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों के कठिन स्थान भत्ता को बढ़ाकर एक हजार कर दिया है और सॉफ्ट एरिया में कार्यरत कर्मचारियों का बढ़कर पाच सौ रुपया कर दिया वही मुख्य सचिव ने जानकारी दी की कॉन्फेडरेशन ऑफ सार्विस एसोसियेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोसाप के मांग को पूरी नही किए जाने पर संघ द्वारा पेन और ट्रल डाउन हड़ताल करने की चेतावनी को मंत्रिमंडल ने अवैध करार दिया है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के हड़ताल करने पर श्री गोपाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है

मुख्य सचिव ने प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान सभी विभागिय प्रमुखों से आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने बुधवार को ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में जिला सचिवालय और मुख्य अभियंता लोक कार्य विभाग जॉन बी के निर्माण कार्य के लिए आधारशिला रखी उन्होंने बाकिन पार्टिन जनरल अस्पताल व प्रशिक्षण केंद्र स्थित नव निर्मित नार्सिंग राजकीय स्कूल कि अकादमिक भवन का उद्घाटन किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस भवन का निर्माण किया गया है श्री खाण्डू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत निर्मित बाकिन पार्टिन जनरल अस्पताल के पचास बिस्तर वाले मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग और डायलिसिस यूनिट का भी उद्याटन किया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय पोषण अवार्ड कार्यक्रम कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के तीन अधिकारियों को राष्ट्रीय पोषण अवार्ड से नवाजा गया

यह पुरस्कार पोषण माह में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन को मान्यता देते हुए और साथ ही पोषण अभियान के अंतर्गत राज्य में पोषण माह के कार्यन्वयन के विकास को स्वीकार करते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी के उनतालीसवां स्थापना दिवस समारोह कल संपन्न हुआ राजधानी ईटानगर में आयोजित दो दिन चले इस कार्यक्रम के समापन समारोह में महिला एवं शिश्र विकास और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण तथा जनजातीय मामलो के मंत्री नाबम रिबिया ने कहा कि महिला कल्याण सोसायटी ने लंबा सफर तय किया है इस कगार तक पहुचने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार सोसायटी की हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री रिबिया ने वर्तमान में निष्क्रिय अरुणाचल प्रदेश स्टेट वीमेन आयोग को जल्द बहाल करने का आशासन दिया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक अधिनियम उन्नीस सौ छियालीस के अनुसार असम में रह रहे गोरखा समुदाय के लोगों की नागरिकता के बारे में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ठ कर दी है केंद्र ने कहा है कि संविधान लागू होते समय गोरखा समुदाय के जो लोग भारतीय नागरिक थे या जिन्हें जन्म से ही भारतीय नागरिकता प्राप्त है वे विदेशी नागरिक नहीं माने जाएंगे इसके अलावा जिन्होंने पंजीकरण या स्वाभाविक रुप से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है उन्हे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा राज्य में गोरखा समुदाय के कुछ लोगों को विदेशी नागरिक ट्राइब्यूनल में भेजे जाने के मामले को लेकर हाल ही में ऑल असम गोरखा स्ट्रडेंटस यूनियन ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उन्हें एक प्रतिवेदन सौंपा था

माइग्रेशन प्रमाण पत्र को छोड़कर बाकी सभी मूल प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा सत्यापित करने के बाद छत्रों को वापस कर दिए जाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि आयोग उन महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो अन्य संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छूक छात्रों की फीस वापस करने से इंकार करेंगे उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान केवल उसी सेमेस्टर के लिए अग्रिम फीस ले सकेंगे जिनमें छात्र भाग लेना चाहेंगे उन्होंने कहा कि समूचे शिक्षण कार्यक्रम के लिए अग्रिम फीस लेने पर सख्त प्रतिबंध है श्री जावड़ेकर ने कहा कि समूची कॉशन मनी या सुरक्षा जमा राशि भी पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र को प्रवेश के समय अंक तालिका विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रमाण पत्र मूल रुप से जमा नहीं करने होंगे